पूजा को देखते हुये सुरक्षा के किये गये कड़े इंतजाम

शारदीय नवरात्र के सातवें दिन आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है पूजा पंडालों में भी देवी प्रतिमाओं के पट खोल दिये गये हैं और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि महासप्तमी पूजन को लेकर मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है इधर पूजा स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है रेलवे स्टेशनों पर भी बढ़ती भीड़ को देखते हुये जीआरपी और आरपीएफ ने चौकसी बढ़ा दी है दरभंगा भागलपुर और पटना समेत राज्य के संवेदनशील इलाकों में अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है दुर्गापूजा के अवसर पर राज्यपाल लाल जी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहारवासियों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी है राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि दशहरा असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से दूर्गा पूजा और दशहरा को पारस्परिक सद्भाव आपसी भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मिल जुलकर मनाने का आह्वान किया राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सूखा प्रभावित तेइस जिलों के दो सौ छह प्रखंडों में तुरंत राहत कार्यों के लिए डेढ़ हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे राज्य सरकार ने कम वर्षा खड़ी फसल के सूखने और उत्पादकता में तैंतीस प्रतिशत कमी होने के कारण इन प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया है मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य के अन्य प्रखंडों का भी विस्तृत सर्वेक्षण करें

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सरकार का ध्यान सबके लिए भोजन उपलब्ध कराने पर है श्री सिंह ने कहा कि दो हजार तीस तक भुखमरी को सत्म करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है विश्व खाद्य दिवस पर श्री राधामोहन सिंह ने आज नई दिल्ली में दो दिन के कृषि स्टार्टअप और उद्यमिता सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही उन्होंने कहा कि भुखमरी समाप्त होने से एक साल में तीस करोड़ दस लाख लोगों को बचाया जा सकता है श्री सिंह ने कहा कि इस तरह के अभिनव तरीके दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के दृष्टिकोण में मदद करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा इस महीने की छब्बीस तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेंगी प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए श्रोता एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं मुंगेर जिले में बड़ी संख्या में एके सैंतलिस रायफल बरामदगी मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी राजीव कुमार उर्फ चुन्नु को जमालपुर से गिरफ्तार कर लिया पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले का मुख्य आरोपी मंजर की निशानदेही पर उसे गिरफ्तार किया गया है गौरतलब है कि एके सैंतालिस बरामदगी मामले के तार आंतकी और नक्सली नेटवर्क से जुड़ने के संकेत मिलने के बाद इस मामले की जांच तेज कर दी गई हैं जनता दल यूनाईटेड के अध्यक्ष नितिश कुमार ने प्रशांत किशोर को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है श्री किशोर कई पार्टियों के लिए चुनाव नीतिकार रहे हैं और वे अभी हाल में बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल युनाईटेड में शामिल हुये हैं केंद्रीय सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष की अक्तूबर दिसंबर तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ और अन्य संबद्ध योजनाओं की ब्याज दर में दशमलव चार प्रतिशत की वृद्धि कर इसे आठ प्रतिशत कर दिया है जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान जीपीएफ पर ब्याज दर सात दशमलव छह प्रतिशत थी नई दर इस महीने की एक तारीख से लेकर इकतीस दिसंबर दो हजार अठारह के लिए लागू होगी कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल के दिलारपुर हरि चौक से शाहपुर गांव तक लोगों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से काफी फायदा पहुँच रहा है

वहीं शाहपुर तक लगभग सड़क निर्माण का कार्य युद्व स्तर पर किया जा रहा है केंद्र सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना से यहां के ग्रामीण काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं

वैशाली जिले के हाजीपूर रेलवे स्टेशन पर मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के पहुंचने पर स्वागत किया गया इस मौके पर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक एल सी त्रिवेदी समेत समस्तीपुर और सोनपुर के डीआरएम के अलावा रेलवे के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे

पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के मुताबिक इससे रेलवे के जरिए बिहार के पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा उड़ीसा के भूवनेश्वर में खेली जा रही वीनू मांकड़ क्रिकेट ट्रॉफी में बिहार ने शानदार जीत दर्ज की है प्लेट ग्रुप के मुकाबले में बिहार की टीम ने सिक्किम को दो सौ सतहत्तर रनों से हरा दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए पीयूष और हर्ष के शानदार शतक की बदौलत बिहार ने बड़ा स्कोर खड़ा किया जवाब में सिक्किम की टीम अपूर्वा की घातक गेंदबाजी के सामने जल्दी ही ढ़ेर हो गयी अर्पूवा ने बारह रन देकर पांच विकेट झटके वयोवृद्ध समाजवादी नेता और पूर्व विधायक अजीजुल हक का आज पूर्वी चम्पारण जिले के सुगौली स्थित उने पैतृक निवास पर निधन हो गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या मामले में आरोपी श्यामनदंन मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पूर्व मेयर की तेईस सितम्बर को हथियारबंद अपराधियों ने अंधाधुध गोलीबारी कर हत्या कर दी थी मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत मोहनबढ़िया में एक निजी कम्पनी के कर्मचारी से अपराधियों ने दस लाख रूपये लूट लिये शेखपुरा में पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक के सेवा केंद्र संचालक शिव कुमार को पन्द्रह लाख रूपये गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है

पूजा को देखते हुये सुरक्षा के किये गये कड़े इंतजाम